प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र में आज प्रश्नकाल में कांग्रेस के हर्षवर्धन चौहान के एक सवाल पर उन्होंने ये जानकारी दी और कहा कि ये सभी तबादले प्रशासनिक निजी और रिक्त पद भरने के लिए नियमों के मुताबिक ही हए हैं कांग्रेस के राजेंद्र राणा के पूरक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुबंध कर्मचारियों के तबादले तीन साल तक नहीं किए जाते हैं और अगर ऐसा कोई मामला है तो उसकी जांच की जाएगी भाजपा के जे आर कटवाल के सवाल पर मख्यमंत्री ने कहा कि इांड्ता के कोटधार क्षेत्र में पूल निर्माण के लिए केंद्र से सहायता राशि ली जाएगी

भाजपा के बलवीर सिंह चौधरी के सवाल पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि गौ संरक्षण व संवर्धन के लिए सरकार जल्द ही एक नीति लाएगी और बजट में भी गौ सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने भाजपा के हीरा लाल के एक सवाल पर बताया कि करसोग विधानसभा क्षेत्र में विद्यत ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य इस वर्ष सितंबर तक पुरा कर लिया जाएगा राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सभी विधायकों से प्रदेश के विकास के लिए कार्य करने का आग्रह किया है राजभवन शिमला में विधानसभा सदस्यों के लिए कल आयोजित रात्रि भोज में उन्होंने विधायकों से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जल संरक्षण की दिशा में कार्य करने को कहा ताकि जल समस्या को कम किया जा सके आचार्य देवव्रत ने ग्लोबल वार्मिंग से बदलते मौसम से राज्य में प्रभावित हो रही कृषि आर्थिकी पर भी चिंता जताई विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल मंत्रिमंडल के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सहित अन्य विधायक व वरिष्ठ अधिकारी इस मौके मौजूद रहे महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकर ने कहा है कि गर्मियों के मौसम में जल जनित रोगों से बचाव के लिए पानी के सभी टैंकों का उचित रख रखाव किया जाएगा सोलन में आज भाजपा कार्यकर्ताओं से एक बैठक में उन्होंने ये बात कही महेन्द्र सिंह ने कार्यकर्ताओं से जल संरक्षण पर लोगों को जागरूक करने और जल समस्या व उसके हल के लिए सरकार को सुझाव देने का आहवान किया इस बीच उन्होंने सोलन में पानी की समस्या से निपटने के लिए विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चायल को उडान योजना के दुसरे चरण में शामिल करने का आग्रह केन्द्र से किया है नई दिल्ली में आज केन्द्रीय नागरिक उड़डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से मुलाकात में उन्होंने कहा कि हवाई सेवा से जुडने पर यहां प्रदेश के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सैलानी भी आकर्षित होंगे

उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से चायल के समीप हैलीपैड बनाने और शिमला से दिल्ली के लिए एलांयस एयरवेज की उडाने बढाने का अनुरोध भी किया जयंत सिन्हा ने आश्वासन दिया कि हैलीपैड बनाने के लिए तकनीकी सर्वे करवाकर संभावनाएं तलाशी जाएंगी और गर्मियों के मौसम में राजधानी शिमला के लिए निजी एयरवेज की उड़ानें बढ़ाई जाएंगी भेंट सेना प्रशिक्षण कमान के जीओसी इन सी लैफिटनेंट जनरल मनोज मुकद नारवानी ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में मुलाकात की एक सरकारी प्रवक्ता ने इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया बैठक लाहौल स्पिति जिले की पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों व विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक बैठक उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आज केलंग में हुई उन्होंने लाहौल उपमंडल के सभी पंचायत प्रधानों को बीपीएल सुची की समीक्षा कर हर ग्रामसभा में पात्र परिवारों को इस सूची में शामिल करने को कहा उन्होंने पंचायतों में हुए विकास कार्यो की समय समय पर समीक्षा करने के पंचायत सचिवों को निर्देश दिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे

ब्रिगेड के प्रवक्ता लैफ्टिर्नेट कर्नल सौरम शर्मा ने बताया कि इसमें शिमला कुल्लू मंडी और किन्नौर जिलों से पूर्व सैनिक और उनके परिजन भाग लेंगे प्रवक्ता ने पूर्व सैनिकों से इस रैली का लाभ लेने का आग्रह किया है